इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन के लिए विशेष कॉरीडोर का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोविड स्थिति की समीक्षा की और चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों का निर्देश दिया एक विशेषज्ञ समूह विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटन तर्कसंगत बनाने और इसके परिवहन में लगने वाला समय कम करने के उपाय कर रहा है केन्द्र सरकार ने केवल कुछ अनिवार्य सेक्टरों को छोड़कर उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी है इससे चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ी है गृह मंत्रालय स्वीकृत आवंटन योजना के अनुसार पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है भारतीय वायुसेना ने निर्दिष्ट राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद खाली टैंकरों को ऑक्सीजन उत्पादन स्थलों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है ताकि समय बचाया जा सके

कोरोना मरीजों को अब कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधाएं दी जायेंगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दो कोविड सर्किट का ऑनलाइन उदघाटन करेंगे ये कोविड सर्किट रांची और जमशेदप्र में होंगे

यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वन नेशन वन वैक्सीन का नारा पूरी तरह से विफल हो गया है स्थिति बिगड़ने पर सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार पर छोड़ दी गयी है

इस वित्तीय बोझ के कारण अन्य विकास कार्यां पर भी असर पड़ेगा उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर कोयला और पानी का बकाया रॉयल्टी के शीघ्र भुगतान के साथ ही केंद्र सरकार से संकट की इस घड़ी में स्पेशल पैकेज उपलब्ध कराने की भी मांग की

इस दौरान चार पहिया एवं दोपहिया वाहनों में मास्क की जांच की गई एवं मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया जांच कर रहे थाना प्रभारी ने बताया कि बिना मतलब वाहनों में यहां वहां घूमने वाले लोगों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है खूंटी के समाजसेवी और झाविमो के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्र ने एरेंडा स्थित महिला पॉलिटेक्निक सेंटर को कोविड अस्पताल के रूप में उपयोग में लाने की मांग जिला प्रशासन से की है एक बयान में श्री मिश्र ने कहा कि एरेंडा स्थित उस सेंटर को पहले भी कोविड अस्पताल के रूप में उपयोग में लाया गया था वहां लगभग तीन सौ बेड हैं साथ ही मरीजों के परिजनों के रहने की भी व्यवस्था है उन्होंने कहा कि इस सेंटर में तीन हॉल हैं जिसको आईसीयू के रूप में विकसित किया जा चुका है

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार कुल सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल तैतालीस हजार चार सौ पंद्रह है वहीं एक दिन में तिरसठ मौतों के साथ मरने वालों की संख्या एक हजार सात सौ अठहत्तर हो गई है इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद रिकवरी रेट छिहत्तर दशमलव तीन शून्य प्रतिशत हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा जिसे शाम आठ बजे फिर से सुना जा सकता है

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका कोई वैज्ञानिक सब्रूत नहीं है कि नीम्बू और बेकिंग सोडा कोरोना संक्रमण का उपचार कर सकता है सरकार ने लोगों से इस तरह की गुमराह करने वाली खबरों से बचने की अपील की है गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिले में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का लाभ जल्द ही गिरिंडीह के लोगो को मिलेगा

आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ये कंपनियां भुगतान प्रणाली से संबंधित डेटा स्टोरेज के बारे में निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थीं शीर्ष बैंक ने स्पष्ट किया कि मौजूदा ग्राहकों पर इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा आरबीआई ने बताया कि इन दोनों सेवा प्रदाताओं ने भारत में व्यवस्था के तहत ग्राहकों से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से रखने के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था ग्वाटेमाला सिटी में खेले जा रहे विश्व कप तीरंदाजी के रिकर्व वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास ने अपनी जगह बना ली है इन दोनों ने रिकर्व मिश्रित स्पर्धा के कांस्य पदक प्ले ऑफ में भी अपनी जगह बनाई और इस तरह भारत पांच पदकों की दौड़ में बना हुआ है दीपिका ने जर्मनी की तीरंदाज मिशेल कोपेन को सीधे सेटों में हराया वहीं अतन् दास ने क्वार्टर फाइनल में कानाडा के एरिक पिटर को हराया

पंजाब किंग्स की तरफ से मोहम्मद शमी और रवि विश्नोई ने दो दो विकेट लिए जवाब में पंजाब किंग्स ने केवल एक विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया

मुंबई की तरफ से राहुल चहर ने एकमात्र विकेट लिया पंजाब किंग्स ने लेग स्पिनर एम अश्विन की जगह एक और लेग स्पिनर रवि विश्नोई को टीम में शामिल किया था आज मुंबई में शाम साढ़े सात बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा

दैनिक भास्कर ने अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण नागपुरी गीतकार नईमुददीन मिरदाहा की मौत की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाईम्स ने प्रधानमंत्री की राज्यों से एकजुट होकर कोरोना लड़ने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है